राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कई केन्द्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इधर शिमला के रिज मैदान पर हुए समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी की विचारधारा व मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आहवान किया राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस दौरान हुए स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया कांग्रेस समारोह प्रदेश कांग्रेस ने गांधी जयंती पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय से रिज मैदान तक पद यात्रा निकाली पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में उपनेता आनन्द शर्मा प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल सह प्रभारी गुरूकीरत सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी यात्रा में शामिल हुए इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी गई अन्य समारोह प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर याद किया गया

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकर जबकि चम्बा मुख्यालय में विधायक पवन नैयर ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने समीरपुर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया हमीरपुर में विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई केलंग में उपायुक्त केके सरोच और मण्डी में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने राष्ट्रपिता को श्रद्वासुमन अर्पित किए सोलन में उपायुक्त केसी चमन ने विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई किन्नौर ज़िले के सांगला में भी स्वच्छ महोत्सव का आयोजन किया गया

इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव का प्रयास किया जाएगा सरवीण चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वस्थ व स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसे साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अंगीकार अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अनुश्रवण और समन्वय समिति बनाई गई है हमीरपुर में विधायक नरेन्द्र ठाक्र ने अभियान की शुरूआत की महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मण्डी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का श्मारम्भ किया एक जनसभा में उन्होंने जल संग्रहण की आवश्यकता पर बल देते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण व रखरखाव का आहवान किया उन्होंने कहा कि इन पेयजल स्रोतों को लम्बे समय तक जीवंत रखने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का शुभारम्म करेंगे

उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करने पर ध्यान दिया जाएगा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव में जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है शिमला में आज कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की मजबूती के लिए पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर ला रहे हैं टीबी स्वास्थ्य विभाग ने टीबी हारेगा देश जीतेगा के बैनर तले चम्बा ज़िले की मंगला पंचायत में आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया इस दौरान आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने एक रैली भी निकाली

सेना भर्ती कार्यालय मण्डी के अनुसार ये भर्ती सैनिक सामान्य डयूटी सैनिक लिपिक स्टोरकीपर और सिपाही फार्मा पद के लिए होगी अधिक जानकारी सेना भर्ती वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वॉइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन से ली जा सकती है